कहा भारत दूसरे देशों की भी कर रहा है मदद

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जतायी गहरी संवेदना

और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री आज वचुर्अल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर रहे थे बाइट प्रधानमंत्री आज दुनिया का सबसे बडा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले दो चरणों में तीस करोड देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है आज देश में ऐसी इच्छाशक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है

इतना ही नहीं भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्वाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब टीकाकरण अभियान के पहले चरण में टीके लगवाकर आम लोगों का भरोसा बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत नेपाल को कोविड टीके की दस लाख खुराक उपहार के तौर पर दी है नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा है कि ये टीके दस दिनों के भीतर स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाये जायेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया जो जायेगा उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग टीके के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं

उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के ये अपने आपको इस बात में प्रमाणित और पुष्टि करता है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है कर्नाटक के शिवमोगा में डायनामाइट और जिलेटिन की छड़ लदी एक ट्रक में विस्फोट होने से बिहार के आठ मजदूरों की मौत हो गयी स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सड़क टूट गयी और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गये विस्फोटक भरा ट्रक खनन कार्यों के लिए ले जाया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जतायी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार दुर्घटना में घायल लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मजदूरों की मृत्यू पर गहरा दुःख व्यक्त किया है श्री कुमार ने स्थानीय आयुक्त को घटना की पूरी जानकारी लेने और घायलों का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर मंत्री सांसद विधायक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने वाले तत्वों के खिलाफ साईबर अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी आर्थिक अपराध इकाई के अपर प्रलिस महानिदेशक नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि सभी विभागों को इस संबंध में आदेश निर्गत कर कहा गया है कि इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल इसकी सूचना दी जाये

पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ अंठावन रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पचपन हजार पांच सौ अड़तीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ अड़सठ नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार छह सौ सत्रह हो गयी आज सबसे अधिक पटना से पैंसठ मामले सामने आये हैं अररिया से तेरह और अरवल से ग्यारह मामलों की पुष्टि हुई है तेरह जिलों से आज एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार छह सौ छह है देश में कोविड से ठीक होने की दर छियानवे दशमलव सात आठ प्रतिशत हो गई है अब तक एक करोड़ दो लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में एक लाख अठासी हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है जो कुल संक्रमित लोगों का केवल एक दशमलव सात आठ प्रतिशत है

कोरोना संकट के चलते इसबार सादे समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है सभी प्रमंडल मुख्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त और जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी झंडोत्तोलन करेंगे जारी आदेश में सभी जिलाधिकारियों से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है चैनपूर से बहजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद जमां खां आज जदयू में शामिल हो गये पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के निवास स्थान पर उन्होंने पार्टी की प्राथमिकत सदस्यता ग्रहण की इस विधानसभा चुनाव में बसपा से केवल मोहम्मद जमां खां ही निर्वाचित हुए थे बिहार विधान सभा के उन्नीस फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में कुल बाईस बैठकें होंगी विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उन्नीस फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे बाईस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए राज्य का बजट पेश होगा इसी दिन के दूसरे सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी बजट पर सामान्य विमर्श के लिए दो कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं

हालांकि आज ध्रप खिलने के बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि कल सुबह भी घना कोहरा छाया रहेगा उन्होंने बताया कि एक नये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रविवार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी

इधर घने कोहरे के कारण हवाई रेल और सड़क यातायात पर प्रभावित हआ है राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद इकतीस जनवरी तक ही की जायेगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने किसानों से जल्द से जल्द अपनी धान बेचने की अपील की है राज्य सरकार ने प्रदेश में निर्मित कृषि यंत्रों की खरीद पर दस प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने का फैसला किया है कृषि निदेशालय के अनुसार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है इसके लिये प्रदेश के पांच कृषि यंत्र निर्माताओं का चयन किया गया है इस वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा में दोनों पालियों में परीक्षार्थियों को अलग अलग रंग की उत्तर प्रस्तिकाएं दी जायेंगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार पहली पाली में ओएमआर शीट और उत्तर प्रस्तिका का रंग गुलाबी होगा जबकि दूसरी पाली में यह बैगनी रंग की होगी परीक्षार्थियों को अतिरिक्त कॉपी या ओएमआर शीट नहीं मिलेगी औरंगाबाद जिले के एक परीक्षा केन्द्र पर रद्द की गयी बिहार लोक सेवा आयोग की छियासठवीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अब चौदह फरवरी को होगा आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है केन्द्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थियों को बायोमीट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि सीबीएसई ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है प्रदेश के आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों किशोरियों और महिलाओं को पूरक आहार के रूप में पौष्टिक आचार और सहजन के बने उत्पाद भी दिये जायेंगे समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय आईसीडीएस ने बच्चों और महिलाओं में प्रोटीन और विटामिन की कमी दूर करने के लिये यह फैसला किया है इसके लिये पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत गया जिले से होगी पूर्व मध्य रेलवे ने राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस और पटना से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन अवधि इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों का अब दानापुर रेल मंडल के गहमर स्टेशन पर भी ठहराव होगा शिवहर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान के तहत विभिन्न मामलों के ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंधवा गांव में अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी सुपौल जिले के भीमपुर के पास पटना से पूर्णिया जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गयी इस दुर्घटना में लगभग छह लोग घायल हो गये भोजपुर जिले के आरा में पदस्थापित बिहार पुलिस की एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली पुलिस मामले की जांच कर रही है

कहा भारत दूसरे देशों की भी कर रहा है मदद

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जतायी गहरी संवेदना

कोहरे के कारण सड़क हवाई और रेल यातायात प्रभावित